उन्होंने कहा कि रोजगार और राजस्व का म्ख्य स्त्रोत पर्यटन है इन सबको जेहन में रखते हए उन्होंने कहा की अगर सब क्छ अच्छा चला तो अक्ट्बर के बाद राज्य को पर्यटको के लिए प्ण खोला जाएगा श्री खांडू ने वर्च्अल त्यौहार को आयोजित करने के लिए केंद्रीय डोनार मंत्रालय और नर्थ ईस्टार्न काउनसिल की सराहना की उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार सोमवार को राज्यभर से कोविड के रिकॉर्ड तीन सौ उनतीस नए मामलो दर्ज कि गए जिसके साथ ही क्ल मामलो की संख्या बढ़कर नौ सौ बत्तीस हो गई है जिसमें से दो हजार सात सौ सत्ताईस सक्रिय मामले है कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से एक सौ सत्रह पापुम पारे जिले से छियासी वेस्ट सियांग से चौबीस लोअर सियांग से इक्कीस लोहित जिले से तेरह ईस्ट सियांग और अपर स्बनसिरी जिले से बारह बारह मामले दर्ज किए गए है इसके अलावा वेस्ट कामेंग जिले से नौ चांगलांग से आठ क्रुंग क्मे से सात तिरप से पांच लोअर दिबांग वैली और नामसाई जिले से चार चार पाके केसांग लोअर स्बनसिरी और ईस्ट कामेंग जिले से दो दो और अंजाव जिले से कोविड का एक नया मामला सामने आया है

राज्य के म्ख्यसचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागो के आलाधिकारीयों की बैठक में पाप्मपारे जिले के मिदप् कोविड केयर सेंटर को मल्टी यूटिलिटी कोविड मेनेजमेंट के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया राजधानी ईटानगर में कोविड के बढ़ते मामलो को देखते हए प्रशासनिक कार्य में लगे चिकित्सको को कोविड ड्यूटी में लगाने और आई सी आर के जिला चिकित्सा के अधिकारी को कंटेक्ट ट्रेसिंग ऑन द स्पाट सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग के लिए पांच फ्लाइंग स्काड दिया जाएगा क्शल चिकित्सा कर्मियो की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में आवेदन करने वाले मेडिकल ऑफिसर पद के उम्मीदवारों को उनके एम बी बी एस अंतिम वर्ष परीक्षा के अंको के आधार पर मानदेय पर छह महिने के लिए उनकी सेवाएं लेने की संभावनाओ का पता लगाने को कहा है

नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह बात कही लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने यह भी बताया कि भारतीय चिकित्सा अन्संधान परिषद की सेरो रिपोर्ट से पता चला है कि देश की काफी बड़ी आबादी को सार्स कोव ट्र के संक्रमण का खतरा अब भी बना हआ है

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आगामी सर्दी के महीनों को देखते हए बहत सतर्क रहें क्योंकि इस दौरान सांस से सम्बंधित बीमारियों के प्रकोप की आशंका अधिक रहती है डॉक्टर पॉल ने सभी लोगों से मास्क पहनने और किसी के भी सम्पर्क में आते समय सुरक्षित दुरी बनाए रखने के नियम का पालन करने का भी आग्रह किया भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि आगामी त्यौहारों सर्दी के मौसम और लोगों के बड़ी तादाद में इक्ट्डा होने की सम्भावना को देखते हए राज्यों दवारा बीमारी की रोकथाम की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि आईसीएमआर की दूसरे सेरो सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अन्सार शहरी झूग्गी झोपड़ी बस्तियों और अन्य इलाकों में सार्स कोव ट्र के संक्रमण का खतरा ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले कही अधिक है डॉक्टर भार्गव ने कहा कि देश की जनसंखया का काफी बड़ा हिससा अब भी महामारी के प्रति संवेदनशील है इसलिए सतर्कता में कोई भी ढिलाई दिए बगैर फाइव टी यानी टेस्ट ट्रैक ट्रेस ट्रीट और टेक्नोलॉजी की नीति को अपनाया जाना चाहिए